मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया

सरकार इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी करेगी बैठक में केन्द्र के साथ ही हिमाचल में भी नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए सैद्वांतिक मंजूरी दी गई उच्च न्यायालय प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी के दौरान निजी स्कूलों को विद्यार्थियों से मासिक ट्यूशन फीस लेने की मंजूरी दे दी है न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल द्वआ की खंडपीठ ने कहा है कि ट्यूशन फीस में रियायत देने के बारे में अभिभावक स्कूल प्रशासन को प्रतिवेदन दे सकते हैं अदालत ने कहा है कि पिछली बकाया ट्यूशन फीस दो महीने का नोटिस देकर बिना किसी लेट फीस के ली जाए

मंत्रालय ने इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम और केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों से सम्बंधित दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए तीस मार्च और नौ जून को परामर्श जारी किया था इसमें फिटनेस परमिट लाइसेंस पंजीकरण या किसी अन्य सम्बंधी दस्तावेज की वैधता तीस सितम्बर तक बढ़ाने की बात कही गई थी कोरोना अपडेट प्रदेश प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर पांच हजार एक सौ एक हो गई है

मख्यमंत्री प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की आज शिमला में सेमी वर्चुअल बैठक होगी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन और राष्ट्रीय सचिव तरूण चूग वर्चअल माध्यम से पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार व प्रेम कुमार ध्रमल भी वर्च्रअल माध्यम से बैठक में भाग लेंगे बैठक का समापन मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र करेंगे अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल में अब पर्यटकों की एंट्री आसान नई शिक्षा नीति को सैद्धांतिक मंजूरी पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल में एंट्री के लिये पंजीकरण जरूरी दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल में बंद रहेंगे बॉर्डर रजिस्ट्रेशन से ही इंटरस्टेट मूवमेंट नाइट बसें नहीं चलेंगी दैनिक भास्कर के मुताबिक अब दो दिन की बुकिंग के लिये भी प्रदेश आ सकेंगे ट्ररिस्ट रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हिमाचल दस्तक ने लिखा है हिमाचल आने को रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं खुलेंगे मंदिर होटलों को राहत

अमर उजाला ने लिखा है सरकार ने सात दिन में मांगी आपत्तियां फिर जारी होंगी अंतिम अधिसूचना हाईकोर्ट के निर्देश को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है निजी स्कूल अब ले सकते हैं मासिक ट्यूशन फीस दैनिक भास्कर का शीर्षक है निजी स्कूलों को मासिक ट्यूशन फीस लेने की हाईकोर्ट ने दी छूट अमर उजाला की एक खबर है नई तकनीक ईजाद सैटेलाईट की तस्वीरें अब दिखेंगी साफ आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने गणित मॉडल से पाई सफलता